महात्मा गांधी ने अपने भाषण में पंचायती राज व्यवस्था पर कहा था कि हम सब इस पर काम कर रहे हैं

उसका नाम पंचायत राज है वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और और भी उठाएंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्म निर्भर बनेगा आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्म निर्भर भारत का आधार हैं

प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाने की कला पर विस्ताार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते थे

इनमें जावरा से पंकज उपाध्याय सुमावली से अजब कुशवाहा ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला मुंगावली से कन्हैया राम लोधी सुरखी से सुश्री पारूल साह मांधाता से उत्तम राज नारायण सिंह बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू और सुवासरा से राकेश पाटीदार शामिल हैं

पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है ये दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस पर आज केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज देखो अपना देश कार्यकम का शुभारंभ किया इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद थे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में पर्यटन का बड़ा योगदान है मध्यप्रदेश में भी पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं प्रदेश सरकार पर्यटन के विकास के लिये ऐसी सभी संभावनाओं पर काम कर रही है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

राष्ट्रीपति उपराष्ट्र्पति और प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के लोगो की जागरूकता के लिए तरह तरह की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है